ऋषिकेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज पवित्र गंगा नदी में विसर्जित की गईं श्रीमती बेबी रानी मौर्य आगामी रविवार को उत्तराखण्ड के सातवें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगी

कुमाऊं और गढवाल को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य के लोगों को नई ट्रेन का तोहफा दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल रेल मंत्री पीयूष गोयल नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे ये ट्रेन कुमाऊं और गढ़वाल को रेलमार्ग से जोड़ने में मददगार होगी इसके साथ ही कुमाऊं के द्रस्थ क्षेत्रों राजधानी आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों स्थानीय लोगो और छात्र छात्राओं के लिए भी बहत सुविधा होगी उदघाटन कार्यक्रम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर होगा जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और लोकसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे हल्द्वानी में आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि काठगोदाम से देहरादून के बीच ट्रेन की मांग लंबे समय से थी

रेल मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस काठगोदाम से चलकर लालक्आं रुद्रपुर रामपुर मुरादाबाद नजीबाबाद हरिद्वार और देहरादून स्टेशन पर रुकेगी निशुल्क आवागमन रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश में महिलाओं के लिये उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा रहेगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन पर्व पर रोड़वेज की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं अस्थि कलश ऋषिकेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर दी गई विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कृषि मंत्री सुबोध उनियाल प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल और विधायक खजान दास अस्थि कलश लेकर देहरादून से ऋषिकेश पहुंचे यहां त्रिवेणी घाट पर मंत्रोच्चार के बीच उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे अटल जी की अस्थियां उत्तराखंड में बदरीनाथ बागेश्वर और हल्द्वानी में भी विसर्जित की जाएंगी

अस्थियों को दोपहर एक बजे सरयू और गोमती के संगम पर विसर्जित किया जाएगा दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थि कलश यात्रा सुबह नौ बजे कौसानी के चौक में पहंचेगी

अस्थि विसर्जन के मौके पर जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा विधायक चंदन राम दास और बलवंत भौर्याल समेत अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है

भारी बारिश की संभावना के मददेनजर मौसम विभाग ने परामर्श जारी करते हुए कहा है कि क्माऊं क्षेत्र के मैदानी हिस्सों में रहने वाले लोग बारिश के दौरान सर्तक रहें और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखें

कार्ययोजना कुमाऊं मण्डल के प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं को क्षेत्र में लागू करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया है

उन्होंने ऐसी योजना बनाने पर जोर दिया जिससे मौजूद समय में जिलों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अच्छे ढंग से किया जा सके शपथ ग्रहण श्रीमती बेबी रानी मौर्य आगामी रविवार को उत्तराखण्ड के सातवें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगी नैनीताल उच्च न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे एक समाचार एजेंसी के अनुसार नव नियुक्त राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन में रविवार को पांच बजे शुरू होगा उधर राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए राजभवन में उन्हें सेना और हवाई अड्डे पर प्रार्देशिक सशस्त्र बल की टुकड़ी ने सलामी दी विदाई समारोह इससे पहले राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल के कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूरे होने पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके सम्मान में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को प्रोत्साहित कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना हमेशा उनकी प्राथमिकताओं में रहा प्रदेश में विकास की संभावनों का जिक्र करते हुए डॉ पॉल ने कहा कि राज्य में प्रगतिशील वातावरण है और गठन के बाद राज्य ने अच्छी तरक्की की है अक्टूबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स मीट को राज्य के विकास के लिए अच्छी शुरूआत बताते हुए डॉ पॉल ने उम्मीद जताई कि इससे राज्य को लाभ होगा इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों ने राज्यपाल को उनके सफल कार्यकाल और भविष्य के लिए बधाई दी

यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका मकसद शहरों और गावों को स्वच्छ कर एक नए और स्वच्छ भारत का निर्माण करना है इस अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है

पिथौरागढ़ जिले में स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने के बाद से लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं जिले के सभी विकास खण्डों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिले के धारचूला मुनस्यारी और डीडीहाट विकास खण्ड के दूरस्थ होने के बावजूद प्रशासन ने इन स्थानों में भी शौचालय निर्माण करने के कारगर प्रयास किए जिसका परिणाम आज सामने है

इस धनराशि से विभिन्न क्षेत्रों में कूड़ादान गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया जा रहा है स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है

छात्रसंघ चुनाव उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने प्रदेश के महाविद्यालयों में एक ही दिन में छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं देहरादून में छात्रसंघ चुनाव के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लिंगदोह सिफारिश के अनुसार एक दिन के भीतर चुनाव करवाए जाएगे